प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंकों व सभाओं का ऑडिट करवाकर अनियमितताओं को खत्म करने के लिए सरकार उठाएगी जरूरी कदम

प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने वालों के लिए अनुकूल माहौल बनाना बेहद जरूरी है धर्मशाला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की छवि देश विदेश में बहुत ही व्यापक है इसलिए वातावरण भी साफ छबि का बनाना होगा इससे पहले इसी सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लघ् जलविद्यत परियोजनाएं लगाने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है

कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के एक अन्य सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि माइक्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वालों को कोई परेशानी न हो इसके लिए कारगर कदम उठाने के अलावा कमेटियां बनाई जाएंगी

भाजपा के अरुण कुमार के प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि नगरोटा बंगवा में निर्मित ओबीसी भवन की जांच तहसीलदार नगरोटा बंगवा द्वारा की गई मगर सोसाइटी ये मामला अदालत में ले गई है उन्होंने बताया कि सोसाइटी ने मामले में करवाई को लेकर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मामला अदालत में विचाराधीन होने पर इस पर चर्चा ना करने की बात कही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में बताया कि संबंधित विभाग को शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का मुरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और ये काम शुरू कर दिया गया है

विधानसभा चर्चा सहकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश में कार्यरत्त सहकारी बैंकों व सहकारी सभाओं में व्यवसायिक और प्रमाणित लोगों से ऑडिट करवा कर गड़बड़ियों को खत्म किया जाएगा विधानसभा में भाजपा के बलबीर सिंह और राकेश जम्वाल द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत चर्चा के लिए लाए गए संकल्प के जवाब में ये बात कही उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं में परिवारवाद को खत्म कर योग्य व्यक्तियों को ही इनमें काम करने का मौका दिया जाएगा राजीव सहजल ने कहा कि सहकारी बैंक व सभाओं के सदस्यों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने के अलावा इनकी कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े स्तर पर निरीक्षकों की भर्तियां की जाएंगी और जहां गड़बड़ियां पाई गई हैं वहां सख्त कार्रवाई की जा रही है बाद में सदस्यों द्वारा सहकारी सभाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी संकल्प को वापिस ले लिया गया नगर परिषदों के साथ लगते गांव को नगर व ग्राम योजना के नियमों से बाहर करने और इसमें ढील देने के बारे में भाजपा के राजेन्द्र गर्ग द्वारा लाए गए संकल्प पर बोलते हुए शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आश्वासन दिया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या आ रही है वहां विभाग द्वारा सही व्यवस्था करने का काम किया जाएगा उनके आश्वासन के बाद सदन में सर्वसम्मति से इस संकल्प को वापस ले लिया गया पश्पालन मंत्री वीरेंद्र कवर ने कहा कि गौ संरक्षण व गौ संबर्धन को लेकर सरकार गंभीर है कांग्रेस के अनिरूद्व सिंह द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने संबंधी संकल्प के जवाब में उन्होंने ये बात कही

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पहाड़ी और भारतीय गाय का संबर्धन किया जाएगा चर्चा में विधायक रमेश धवाला कमलेश कुमारी नंद लाल विक्रमादित्य सिंह व हीरा लाल ने भी भाग लिया आयुष्मान भारत केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है

भाजपा नेता राजेश कश्यप ने योजना की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का जायज़ा लिया और लोगों से योजना संबंधी जानकारी प्राप्त की राजेश कश्यप ने योजना के तहत लोगों से गोल्डन कार्ड बनाने का आग्रह किया ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकें आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों ने इसे लाभदायक बताया

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन परिसर में इन शहीदों को श्रद्वांजलि दी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केन्द्रीय मंत्रियों सुषमा स्वराज अरूण जेटली व राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने भी शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों को पुष्पांजलि दी सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार नशे के खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों व संस्थाओं का सहयोग लेगी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांगड़ा जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज मटौर के वार्षिक समारोह में ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि नशेखोरी की प्रवृति से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने को लेकर सरकार संवेदनशील है और मादक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है

इस मौके शिक्षा मंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया मौसम प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी का कम रूक रूक जारी रहा जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है

जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति व किन्नौर सहित कुल्लू चंबा और शिमला ज़िले की ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने का समाचार है

डलहौजी खजियार मार्ग भी बर्फबारी से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है इस बीच प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजियार में घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं सोलन से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक जिले के उपरी क्षेत्रों बड़ोग कसौली व चायल में हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में रूक रूक कर बारिश का कम दिनभर जारी रहा मैदानी क्षेत्रों से बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है जबकि मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गहरी धुंध छाए रहने की चेतावनी दी है उपायुक्त इस बीच शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि जिले में बर्फबारी से प्रभावित जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने आज विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए उपायुक्त ने बताया कि मुख्य सड़कों और सम्पर्क मार्गों को बहाल करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मशीनें लगाई गई हैं

उन्होंने बताया कि भाजपा बूथ स्तर का राजनीतिक संगठन है और पार्टी कार्यकर्ता केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बूथ तक पहुंचाएंगे चंद्र मोहन ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति मंत्रालय की वैबसाईट का अवलोकन कर सकते हैं